प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के केवड़िया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को श्रद्वासुमन अर्पित किये अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने भारत की एकता में सरदार पटेल के महान योगदान को याद किया

गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाई श्री शाह ने दौड़ में भाग ले रहे लोगों को एकता की शपथ भी दिलाई प्रदेश में भी सरदार पटेल की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है राजधानी जयंपुर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया जेएलएन मार्ग पर स्थित शिक्षा संकुल से गांधी सर्किल तक एकता के लिए दौड हई जयप्र में भाजपा की ओर से भी रन फोर यूनिटी का आयोजन किया गया उधर उत्तर पश्चिम रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा भी जयपुर में जवाहर सर्किल पर एकता दौड़ का आयोजन किया गया एकता दिवस के मौके पर केन्द्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलायी गयी

कोटा में क्षेत्रीय लोक सम्पर्क ब्यूरो द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई बाद में संगोष्ठी हई और स्कूली बच्चों को एकता की शपथ दिलायी गयी अजमेर और सिरोही में भी लोक सम्पर्क ब्यूरो की ओर से जागरूकता रैली निकाली गयी

एक टवीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्वांजलि दी पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नई दिल्ली के शक्ति स्थल पर आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्वांजलि देने शक्ति स्थल पहुंचे इस मौके पर प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया

उन्होंने बताया कि नामांकन प्रस्तुत करने की आखरी तारीख पांच नवम्बर है

इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने निकाय चुनावों में सरकार द्वारा हाल ही में किये गये परिवर्तनों की आलोचना की है

राज्य के मुख्य सचिव डी बी गुप्ता ने इस संबंध में किए गए निर्णय की पुष्टि करते हुए आज बताया कि इसे लेकर अधिसूचना जारी की जा रही है सरकार के इस निर्णय को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है

उन्होंने कहा कि सरकार को इस फैसले पर पुननिर्वचार करना चाहिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी इस मसले पर सरकार को घेरा है

इस बीच परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि पूर्व सरकार ने टोल टैक्स माफी का निर्णय विधानसभा चुनावों के कारण लिया था

हडताल से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है कर्मचारी यूनियन की ओर से सात सूत्री मांगों के लिए यह हडताल की गई है

ब्रंदी में बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आज जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई

गुड्डा गुड्डी बोर्ड प्रत्येक ग्राम पंचायत में लगाया जाएगा जिसमें क्षेत्र में पैदा होने वाले लड़की और लड़के का विवरण दर्ज किया जाएगा